श्री मनोहर लाल ने यह घोषणा आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर दवारा निगम के भू खंडों में अन्सूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में प्छे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हए सदन में की

हरियाणा विधानसभा के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरन म्ख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने अपने विभागों से सम्बधित सवालों के जवाब दिये हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री फस्ल बीमा योजना से प्रदेश के किसान संतुष्ट है जबकि राजनेता इस योजना के बारे में लोगों को ग्मराह कर रहे है म्ख्यमंत्री आज विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी द्वारा पूछे गय एक सवाल के जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि किसान स्वयं अपनी फस्ल का बीमा करवाने के लिए आगे आ रहे है और ये कार्य तीन कंपनियों को सौंपा गया है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में चार कलस्टरों में बांट गया है और हर कलस्टर की फसल के अन्सार अलग अलग किस्त है

प्रश्न काल के दौरान हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक्तान्सार रेलवे ऊपरगामी प्ल के दोनों तर फ फ्ट ओवर ब्रिज या सीप्रिया बनाई जायेगी श्री चौटाला ने विधायक दीपक मंगला दवारा पृछे गये सवाल के प्रति उत्तर में सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पलवल में कैलाश नगर और मोहन नगर में रेलवे लाइनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की संभावनायें तलाशी जायेगी विधायका रेण् बाला द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में श्री चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पश्ओं को आश्रय देने के लिए गौशालाओं पश् फाटक और गौअभ्यारण स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

एक प्रश्न के जवाब में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमालपुर में चिकित्सकों के रिहायशी मकानों की मरम्मत का कार्य प्रक्रिया अधीन है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा मातनहेल के नागरिक अस्पताल के अगले छ महीनों के भीतर संचालित होने की उम्मीद है एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि बा ड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उपमंडल स्तर का करने का सरकार के पास अभी कोई प्रसताव नहीं है

इसी तरह कम्बोप्रा में तीन उदयोगों पर कार्रवाई की गई है हरियाणा के सभी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है

श्री विज प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब दे रहे थे

विधानसभा सत्र के द्सरे दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर में उनहोंने कहा कि तालाबंदी के दौरान प्रकाश में आये शराब तस्करी के मामले में हरियाणा प्लिस दवारा भारतीय दंड सहित और आबकारी अधिनियम के तहत समालखां में एफआईआर दर्ज की गई थी जिसके तहत एक प्रम्ख आरोपी अशोक जैन को गिर फ्तार किया गया ग़हमंत्री ने कहा कि माफिया के खिलाफ गठित किये गये विशेष जांच दल द्वारा प्रस्त्त रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने के लिए जांच राज्य सर्तकता ब्यूरो को सौंपी गई है गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है

इस मामले को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है

हरियाणा विधानसभा सत्र में आज कुल सात विधेयक पारित किये गए जिनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक हरियाणा नगरपालिका दवितीय संशोधन विधेयक हरियाणा नगर निगम दवितीय संशोधन विधेयक हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक हरियाणा पंचायती राज दवितीय संशोधन विधेयक हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक और पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक शामिल हैं